कुल्लू जिले में मनाली के निकट प्रीणी गांव में वाजपेयी के निवास स्थान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें पुष्प अर्पित किए और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक बूटा बेटी के नाम योजना का शुभारंभ किया

उन्होंने कहा कि योजना के तहत बेटी पैदा होने पर वन विभाग पौधा देकर सम्मानित करेगा ताकि राज्य के हरित आवरण को बढ़ाया जा सके बाद में मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान में नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना प्रधानमंत्री ने हिमाचल के साथ वाजपेयी जी के स्नेह को याद करते हुए कहा कि वे हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे उन्होंने कहा कि पर्यटन व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग सुरंग का नाम अब अटल टनल रखा गया है इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी के हिमाचल के साथ अटूट रिश्ते को याद करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है फल वितरण अटल इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज शिमला के कैंसर अस्पताल में जाकर रोगियों को फल वितरित किए उन्होंने कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति के युग पुरुष और भारत माता के सच्चे सपूत थे राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विश्व स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई नगर निगम शिमला के अनेक स्थानों पर आज स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रिज मैदान से इसकी शुरूआत की

भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती महापौर सत्या कौंडल व उपमहापौर शैलेंद्र चौहान भी इस मौके मौजूद रहे क्रिसमस क्रिसमस का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर गिरिजाधरों को विशेष रूप से सजाया गया है और विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया यह पर्व प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस पर मनाया जाता है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में हुई प्रार्थना सभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भाग लिया

प्रदेश के अन्य भागों में भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए वीरेंद्र कंवर राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में प्रदेश की एक हजार पंचायतों को पूरी तरह स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है इन पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा और कूड़े से जैविक खाद बनाई जाएगी ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में मुच्छाली पंचायत के नए भवन के शिलान्यास अवसर पर यह जानकारी दी

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले के सुलह क्षेत्र में गढ़ पटवाग सड़क के लोकार्पण अवसर पर यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है जिसके लिए छः सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज शिमला में पोस्टर बांट कर लोगों से रैली में भाग लेने की अपील की उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विशेष रूप से रैली को संबोधित करेंगे

इनमें घरवासड़ा स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी शामिल है उन्होंने विभिन्न स्कूलों के वार्षिक समारोह में भाग लिया और मेधावी बच्चों को पुरस्कार बांटे महेंद्र सिंह ने कहा कि सटेयार खड्ड में तीन सौ करोड़ रुपए की लागत से चैक डैम बनाया जाएगा जिससे इलाके की सैंकड़ों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी हेलीकॉप्टर लाहौल घाटी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू हो गई है